महात्मा गांधी ने तीन अक्टूबर उनीस सौ सैंतालीस को प्रार्थना सभा के बाद सत्य और सत्याग्रह के बारे में अपने विचार प्रगट किए थे

इसका उद्देश्य छोटे किसानों मझौले किसान और बड़े किसानों को यह अवसर प्रदान करना है कि जहां उन्हें अधिक मूल्य मिल सके वहां अपना उत्पाद बेच सकें केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा आज जमशेदपुर परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को भी हम बाजार उपलब्ध करा रहे हैं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई सालों से कृषि के लिए कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया जब एनडीए की सरकार आई तो पहली बार किसान के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा गया कहीं भी बिचौलिया नहीं रहा इस कारण किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के तहत पैसा भेजा गया उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक हमारे एजेंडे में था यह विधेयक कांग्रेस के भी एजेंडे में था लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया जब एनडीए की सरकार ने इसे लागू किया तब कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है

हेमन्त सरकार इन पदों को भरने के लिए काम कर रही है मंत्री ने कहा कि रिम्स की वर्तमान व्यवस्था को बेहतर किया जायेगा उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि द्मका और बेरमो सीट के खाली होने से हेमन्त सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा हेमन्त सरकार बहुमत में है मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत कुछ वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं सरकार जाँच कराने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी

प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पांच अक्तूबर को पूरे राज्य में सुबह आठ से दस बजे तक सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पर सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर भी राष्ट्रपिता बापू की प्रतिमा के समक्ष या अंबेडकर की मूर्तियों के पास अथवा अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर हाथरस घटना के विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा

इसके साथ ही अब तक राज्य में छियासी दशमलव चार सात प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

योजना का उदघाटन जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उपविकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया मौके पर उपायुक्त ने फल व सब्जियों का पौधरोपण भी किया उपायुक्त ने दीदी बाड़ी योजना से जुड़ी आदिम जनजाति महिलाओं से सीधा संवाद किया

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के मधुपुर स्थित पैतुक गांव पिपरा का दौरा किया और उन्हें श्रद्वांजलि देने के बाद उनकी अंतिम विदाई में भी सम्मिलित हुए इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाजी साहब का हमारे बीच से यों चले जाना हम सभी के लिए मर्माहत करने वाली घटना है हाजी साहब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन अपने व्यक्तित्व अपनी कार्यशैली और अपने विचार के माध्यम से वे सदैव जीवित रहेंगे इधर झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और झारखंड आंदोलनकारी हाजी हसैन अंसारी के आकस्मिक निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय में श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने मंत्री हाजी हसैन अंसारी के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की उन्होंने कहा कि हाजी हुसैन अंसारी सरल स्वभाव और दृढ़ निश्चय वाले जन नेता थे कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उनके स्वभाव और व्यवहार को राज्यवासी हमेशा याद करेंगे मौके पर पार्टी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे लाल किशोर नाथ शाहदेव डॉ राजेश ग्र्प्ता व प्रोफेशनल कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य विक्रम जयसवाल ने भी संवेदना व्यक्त की पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगली क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के सशक्तीकरण और स्वावलंबन के लिए सुदूरवर्ती चिड़िया गांव में कौशल विकास केंद्र खोला गया है भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत खोले गए इस केंद्र का उदघाटन महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने किया इसके तहत सिलाई बुनाई के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के जरिए सारंडा के विभिन्न इलाकों की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है इस अवसर पर मंत्री श्रीमती मांझी ने कहा यह केंद्र महिलाओं को प्रशिक्षित करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा

आयोग के अनुसंधान पदाधिकारी एसके सिंह के साथ गोड्डा के जिला कल्याण पदाधिकारी और एसडीपीओ ने गोली कांड के बारे में विस्तार से जाना और आरोपितों के नाम की जानकारी ली आयोग की टीम ने पीड़ित परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मृतक के परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा दिए जाएंगे साथ ही एक आवास मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन और बच्चों के पठन पाठन के लिए विशेष व्यवस्था सरकार की ओर से की जायेगी

अजय उद्यान में आयोजित शहादत दिवस कार्यक्रम में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो लोहरदगा आरक्षी अधीक्षक प्रियंका मीना डीडीसी अखौरी शशांक सिन्हा एएसपी विवेकानंद डीएसपी हेड क्वार्टर परमेश्वर प्रसाद एसडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह एसडीओ अरविंद कुमार लाल सिविल सर्जन विजय कुमार सहित शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया और शहीद अजय क्मार सिंह को याद किया मौके पर उपायुक्त ने कहा कि उग्रवाद को विकास से पराजित किया जा सकता है हथियार से नहीं जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के कोर्ट मोड़ के पास पिकअप वाहन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया जख्मी व्यक्ति का इलाज जामताड़ा जिला अस्पताल में किया जा रहा है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

साथ ही लूट का डपर गाड़ी भी जब्त कर लिया गया है पिपरवार थाना प्रभारी संजय कमार सिंह ने बताया कि टंडवा के आम्रपाली कोल परियोजना से एक निजी कम्पनी का कोयला लेकर जा रहे डंपर गाड़ी को अज्ञात लटेरों ने हथियार के बल पर बिलारी चौक के समीप लुट लिया था